दोनो प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज प्रदेश में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी कर रहे है भीलवाडा और चित्तौडगढ में चुनावी सभा को संबोधित भारत और अमेरीका के संयुक्त युद्धाभ्यास वज प्रहार का आज हुआ समापन विश्व एड्स दिवस पर आज प्रदेशभर में आयोजित हो रहे है

चुनाव प्रचार के लिये सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है दोनों प्रमुख दल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाए कर वोट मांग रहे है आज प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाडोती अंचल में चुनावी सभा करेंगे वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जयपुर में तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झलरापाटन और मनोहरथाना में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज भी दौसा और अलवर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज हनुमानगढ जंक्शन में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में करीब दोपहर दो बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहल गांधी की सभा में उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ पंजाब सरकार के केबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध भी होंगे राहल गांधी का आज प्रदेश में चित्तौडगढ उदयपुर और भीलवाडा में भी आमसभाओं का कार्यक्रम है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी ैअविनाश पांडे तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट श्री गांधी की सभी सभाओं में उनके साथ रहेंगे वे हनुमानगढ में रोड शो भी करेंगे माकपा प्रत्याशी के समर्थन में पीलीबंगा में माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली एक सभा को संबोधित करेंगी वहीं राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी पीलीबंगा में एक च्नावी जनसभा को संबोधित करेंगे इससे पहले कल अमित शाह ने नागौर के क्चामन और चुरू के सुजानगढ में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सभाए की उन्होंने श्रीगंगानगर में रोड शो कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे इधर कांग्रेस की ओर से प्रचार अभियान की कमान वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने संभाल ली है उनके साथ मिलकर वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार कार्य में तेजी ला दी है

इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साझा मूल्यों पर मिलकर काम जारी रखने पर जोर देते हुए कहा कि जापान अमरीका भारत जय बैठक लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित है श्री मोदी ने कहा कि जय सफलता का प्रतीक है और इससे अच्छा संदेश मिलना चाहिए जय बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि त्रिपक्षीय बैठक का परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहा इधर ब्रिक्स के सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने में व्यापक दु ष्टिकोण अपनाने का आहवान किया है

यह स्पष्टीकरण न्य्यप को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गये एक पत्र के बाद आया सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में निजी कंपनियों के द्वारा पहचान के लिए आधार के प्रयोग पर रोक लगा दी थी लेकिन कल्याणकारी योजनाओं आयकर रिटर्न भरने और स्थाई खाता संख्या पैन के आवंटन के लिए इसकी मंजूरी दी थी आकाशवाणी से बातचीत में यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एबी पाण्डेय ने बताया कि सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार सब्सिडी देती है

शिविर में कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार के कार्यालयों सार्वजनिक उपक्रमों बैंकों बीमा कंपनियों आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित या मौखिक रूप से दे सकता है